प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज टोंक में जनसभा को संबोधित करेंगे सभी तैयारियां पूरी

उन्होंने कुम्भ को वैश्वित पहचान दिलाने के लिये सभी देशों का अभार जताया है श्री मोदी ने कहा कि भारत में ससंदीय चुनाव लोकतंत्र के कुम्भ के समान है

टोंक जिला प्रशासन ने उनके दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं श्री मोदी टोंक में जनसभा को भी संबोधित करेंगे

निर्वाचन आयोग ने बताया कि सेवा मतदाताओं की संख्या में वृद्धि आयोग के अथक प्रयासों के द्वारा हुई जिसमें सेवा मतदाताओंकी भागीदारी को बढ़ाने में उनके पंजीकरण के लिए विशेष प्रयास किए गए

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि राज्य सरकारों को वन अधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू करने के लिए समय समय पर निर्देश दिए जाते रहे हैं

उच्च्तम न्यायालय के निर्देश के बाद गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को यह परामर्श जारी किया है परामर्श में कहा गया है कि सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेशो के प्रशासन और नोडल अधिकारियों को फिर सलाह दी जाती है कि वे छात्रों सहित कश्मीरियों पर किसी तरह के हमले धमकी और सामाजिक बहिष्कार रोकनेके लिए आवश्यक कदम उठाएं

यूरोपीय संघ के दूत टोमाज कोर्ज्लोवस्कीने कोलकाता में कहा कि यूरोपीय संघ किसी भी आतंकी गतिविधि के खिलाफ है श्री कोज्लोवस्कीने पुलवामा आतंकी हमले का उल्लेख करते हुए कहा कि यूरोपीय संघ ने जैश ए मोहम्मद लश्कर ए तैयबा और कई अन्य संगठनों के साथ आतंकवादी संगठनों की सुची में रखा है

ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह ने बताया कि आज और कल प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन के दौरान ही ये कार्य किया जाएगा श्री सिंह ने बताया कि इस अभियान में पट्टे और भूखण्ड आवंटन के लिए सभी पात्र व्यक्तियों के नये आवेदन भी लिए जाएंगे उन्होंने बताया कि आवेदन पत्रों के निस्तारण के लिए आगामी एक और ग्यारह मार्च को ग्राम पंचायतों की विशेष बैठक आयोजित की जाएगी

कल नई दिल्ली में श्री प्रसाद ने डिजिटल इंडिया पुरस्कार कार्यक्रम में यह बात कही उन्होंने कहा कि भारत में डाटा विश्लेषण का केन्द्र बनने की सारी सुविधाएँ हैं और इसके साथ ही इस सेक्टर में भारत का वर्चस्व स्थापित करने में राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्र एनआईसी की प्रमुख भूमिका है उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा से जुड़े किफायती समाधानों का विकास करने के मुद्दे पर भी तत्काल ध्यान देने की जरूरत है केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एनआईसी के प्रयासों ने हमें डिजिटल प्रशासन के युग में ला दिया है दो हजार तीन सौ से भी अधिक सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं

इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा

प्रमुख शासन सचिव सहकारिता अभय कमार और रजिस्ट्रार सहकारिता डॉ नीरज के पवन ने जयपुर में कल अजमेर जिले के हिंगोनिया की श्रीराम ग्राम सेवा सहकारी समिति को उत्कृष्टता पुरस्कार दिया जबकि कोटा जिले की बोरखेड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति को श्रेष्ठता पुरस्कार प्रदान किया

इसी के तहत बोर्ड ने जिले के केंद्रो की सूची जारी कर दी है

वहीं प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के मद्देनजर रखे जाने वाले स्थान भी जिले भर में तय कर दिए गए हैं

श्री मीणा ने कल जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में कहा कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का आमजन को समयबद्ध लाभ मिले इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए

संसदीय क्षेत्र में पासपोर्ट सेवा के शुरू होने से जिले सहित आस पास के क्षेत्रों के नागरिकों को पासपोर्ट बनाने की सुविधा मिल सकेगी